पीएम स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ग्रामीण भारत में आमूल परिवर्तन लाने और करोड़ों भारतीयों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए रविवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये प्रोपर्टी कार्ड वितरित करने की स्वामित्व योजना का शुभारंभ करेंगे

इस वर्ष अप्रैल में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य गांवों के संपत्तिधारकों को उनके मालिकाना हक के रिकॉर्ड के रूप में संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराना है

स्वामित्व योजना पर अमल से करीब एक लाख संपत्ति धारक अपने मोबाइल पर प्राप्त हुए एसएमएस लिंक के जरिये संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे इसके बाद संबंधित राज्य सरकारें भी छपा हुआ संपत्ति कार्ड लोगों को वितरित करेंगीं रुद्रम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा तट के पस व्हीलर द्वीप पर स्वदेश में विकसित एण्टी रेडीएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया रुद्रम मिसाइल भारतीय वायसेना के लिए विकसित किया जा रहा शक्तिशाली प्रेक्षेपास्त्र है केबिनेट पासवान राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने आज केन्द्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान को श्रद्वांजलि दी केन्द्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों ने दिवंगत नेता को श्रद्वांजलि दी सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है श्री पासवान का कल नई दिल्ली के अस्पताल में निधन हो गया

दिवंगत नेता का अंतिम संस्कार कल पटना में किया जाएगा

यह सुविधा इस वर्ष के दिसंबर महीने से शुरू हो जायेगी आज मुम्बई में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए ये जानकारी दी मौद्रिक नीति में रिवर्स रेपो दर पहले की तरह तीन दशमलव तीन पांच प्रतिशत और रेपो दर चार प्रतिशत पर बरकरार रखा है साथ ही प्रमुख ब्याज दरों को भी यथावत रखा गया है

बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय पर सख्ती से नजर रखने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि संदेहास्पद लेन देन पर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये

वहीं बलसाड़ से पुरी के बीच साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन का परिचालन भी शुरू किया जा रहा है यह ट्रेन प्रदेश में रतलाम भोपाल इटारसी जबलपुर सहित कई स्टेशनों पर रुकेगी

नीमच जिले में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है

यह प्रस्कार भूखमरी का मुकाबला करने और विश्व में खाद्य सुरक्षा को बढावा देने के लिए दिया गया है यह घोषणा नार्वे के ऑस्लोक में नोबेल समिति के अध्यक्ष बेरिड एंडरसन ने की

दिशा निर्देशों में स्वीमिंग पूल का उपयोग न करने के स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं

इस वर्ष के लिये पानी का लेखा जोखा और कार्बन पदचिन्ह की गणना विषय पर विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाएगी

पानी का लेखा जोखा सीखकर बच्चे भविष्य में जिम्मेदार नागरिक बनेंगे

हालांकि पहले से बुकिंग कराने की व्यवस्था लागू रहेगी